कई स्वस्थ हाक्रर घर लौटे

इससे संक्रमण पीडि़त गंभीर मरीजों का इलाज आसान हागा वहीं प्रवासी श्रमिकों की देखभाल के लिये एक हजार कराइ रूपये खर्च किये जायेंगे इस राशि क सभी जिलाधिकारियों और नगरपालिका आय्क्तों क म्हैया कराया जायेगा ज संक्रमण से निपटने के लिये जरूरी स्विधायें भाजन की व्यवस्था उपचार म्हैया कराने और प्रवासियों कथ परिवहन सुविधा देने में खर्च करेंगे

प्रधानमंत्री इस काष के अध्यक्ष हैं और रक्षा गृह और वित्त मंत्री इसके पदेन सदस्य हैं पैकेज की घाषणा के दौरान प्रधानमंत्री ने काष में याणदान में अपने उदारता जताने के लिय सभी दानदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया मुख्यमंत्री स्वागत म्ख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कल केन्द्रीय वित मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा एमएसएमई सेक्टर के लिए दिए गए विशेष पैकेज का स्वागत किया है म्ख्यमंत्री ने कहा कि यह भारत की आत्मनिर्भरता का पैकेज है

वहीं प्रदेश के विभिन्न वर्गों ने भी केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की है शहड्याल के वरिष्ठ चार्टेड अकाउन्टेंट सुशील सिंघल ने कहा कि इस विशेष पैकेज से आम लागों का भी राहत मिलेगी

दरअसल जिले के प्लिसकर्मी आनंद कुमार दवारा सैंकडों किलामीटर पैदल आ रहे प्रवासी मजद्रों और बच्चों का क नंगे पैर देखकर उन्हें चप्पल मुहैया करा रहे हैं आकाशवाणी से बातचीत में आनंद ने बताया कि श्रमिकों का द्रख उनसे देखा नहीं गया

इस समिति में गृह मंत्री डॉ नरासम मिश्रा जल संसाधन मंत्री त्लसीराम सिलावट और कृषि मंत्री कमल पटेल शामिल हैं

इस समिति में मंत्री डॉ नराप्तम मिश्रा मीना सिंह और गाविंद सिंह राजपूत शामिल हैं मंत्री समूह राजस्व आय का बढ़ाये जाने के लिये उपाय भी बतायेगा नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना श्यामुर सांसद और केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तामर ने कल शाम मुरैना जिले की समस्याओं से रूबरू हाजे के लिये पत्रकारों से वीडिया कांफ्रेंसिंग के जरिये चर्चा की श्री तामर ने पत्रकारों की भी स्वास्थ्य कामना करते हये चिकित्सा व्यवस्था मजदूरों की वापसी तथा कार्रामा महामारी का लेकर अपने विचार रखे उन्होंने शासकीय चिकित्सालय के चिकित्सकों तथा पैरामेडिकल स्टाफ की सराहना करते हये कहा कि इनके कारण ही कप्रामा मरीजों का इलाज संभव है

यह प्रधानमंत्री की लफ्कल का बफ्कल एवं आत्मनिर्भरता का प्रदर्शित करता है उन्होंने सभी से आराध्य सेत् एप डाउनलाइ करने तथा इसका प्रसार प्रचार कर स्थानीय वस्तुओं की उपलब्धता का बढ़ाने के लिये कार्य करने की अपील की

हालांकि राहत भरी खबर ये भी है कि करीब आधे मरीज स्वस्थ हाक्रर घर लौट च्के हैं

गई है

गए हैं

ग्वालियर में कल काई नया मामला सामने नहीं आया

उन्होंने बताया कि दतिया में कप्रामा पॉजिटिव आज भी शून्य ही रहा अशाक्रनगर और ग्ना में एक एक प्रकरण दर्ज है

झाब्आ जिले से भी राहत भरी खबर है

त वंही पेटलावद के ग्राम नाहरप्रा की ज महिला पहले पॉजिटिव आई थी उसकी उपचार के बाद रिपार्ट नेगेटिव आई है

इन्दौर संभाग के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने इस घटना का दुखद बताते हुए इंदौर कलेक्टर क संबंधित व्यक्ति की पूरी मदद करने के निर्देश दिए हैं

मौसम प्रदेश के कई जिलों में कल प्री मानसून जैसी गतिविधियां हुई राजधानी भप्राल में दिन में जहां तेज धूप थी वहीं शाम हप्ते ही तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हई सिवनी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कल भारी गरज चमक के साथ बारिश हुई इस दौरान जिले के घटपिपरिया और दिवारा गांव में आकाशीय बिजली गिरी घाट पिपरिया में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत है

उधर झब्आ में आंधी तूफान और बारिश से मौसम में ठंडक घ्ल गई बालाघाट जिले में भी मौसम का बदला मिजाज देख गया जहां जिला मुख्यालय के साथ लामताचरेगांव सहित अन्य क्षेत्रों में तेज हवाओ के साथ बारिश ह्ई मौसम विभाग ने आज भी ग्वालियर चंबल जबलप्र भाप्राल और इंदौर संभाग के क्छ जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हामे की संभावना जताई है